उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन बचाने के लिए लॉकडाउन तथा परस्पर सुरक्षित दूरी बहत महत्वपूर्ण है उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले तीन चार सप्ताह वायरस को काबू करने के लिए महत्वपूर्ण हैं इसके लिए संयुक्त रूप से काम करना होगा कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले और चिकित्सकर्मियों पर हमले की कड़ी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाना चाहिए बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग किट की क्षमता बढ़ाई जा रही है इसके अलावा समाजिक सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सौ बीस करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है

इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या अब तक सात हजार चार सौ सैंतालीस हो गई हैं

सबसे ज्यादा मरीज इंदौर और भोपाल में हैं भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी और अधिकारी संक्रमित हो गये हैं वहीं एक अन्य आला अधिकारी के भी संकमण के चपेट में आने की खबर है प्रदेश के अब तक बीस जिले कोरोना संकमण की चपेट में आ चुके हैं इसके मद्देनजर सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को लॉकडाउन का और कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं जबलप्र में कोरोना पॉजिटिव एक और मरीज के स्वस्थ होने की खबर है वहीं इंदौर में स्वास्थ्य अमले पर पथराव के मामले में गिरफ्तार कर जबलप्र लाये गए चार आरोपियों में से एक आरोपी पॉजिटिव पाया गया है

रायसेन जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर पुलिस रंग लगाकर उन्हें चिन्हित कर रही है ऐसे वाहनों को जप्त भी किया जा रहा है

सीहोर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधीर डेहरिया ने आज अपना पदभार ग्रहण किया देवास जिले में आज एक और व्यक्ति के पॉजिटिव मिलने के बाद यहां कोरोना मरीजों की संख्या चार हो गई है रतलाम जिले में वृद्ध विकलांग एवं असहाय लोगो को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान घर घर जाकर करने के लिए बैंक मित्रो की सेवायें ली जा रही हैं

छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन ने दूध समाचार पत्र वितरक और मेडीकल दुकानों को निर्धारित समय में खुला रखने के निर्देश दिये हैं अशोकनगर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है

बड़वानी में एक हजार चार सौ से ज्यादा मकानों का सर्वे कर यहां रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की गई नीमच में विभिन्न सामाजिक संगठन प्रतिदिन आठ हजार से अधिक खाद्यान्न के पैकेट वितरित कर रहे हैं बैतूल में स्वास्थ्य कर्मियों और वन विभाग के दल ने दुर्गम क्षेत्र भण्डारपानी तक पहुंचकर यहां के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया

अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है इसमें आम लोगों के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक समाचारों को शाामिल किया जाता है

जिले में पहली बार महिला स्व सहायता द्वारा उपार्जन केन्द्र में खरीदी की जाएगी वहीं शिवपुरी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है राजगढ़ में कलेक्टर ने गेंहूं खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया और किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधायें मुहैया कराने के निर्देश दिये कोरोना ग्वालियर ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति को सहज बनाने के लिए नमस्ते जी ऐप आज से शुरू किया गया है इस ऐप के माध्यम से सब्जी दवा सहित अन्य जरूरी सुविधाओं को घर बैठे ही प्राप्त कर सकेंगे ग्वालियर नगर निगम द्वारा भी चलित बाजार सेवा प्रारंभ की गई है

इस सुविधा के फलस्वरूप अब कोरोना संक्रमण के लिए सैम्पल कलेक्शन अब और भी सुरक्षित हो गया है साथ ही इस दौरान पीपीई किट की आवश्यकता भी नहीं होती सिविल सर्जन डॉ एससी राय ने बताया कि इसके माध्यम से थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा सकती है

वहीं फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है